झारखंड में पिछले चौबीस घंटों में संतावन नए कोरोना संक्रमित मिले संक्रमितों की संख्या सोलह सौ संतावन पहुंची सात सौ बत्तीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य सरकार ने कहा है कि निजी अस्पतालों को अब कोरोना मरीजों का इलाज करना होगा संक्रमित पाए जाने पर मरीज को नहीं कर सकते हैं रेफर राज्य में स्कूल खोलने से पहले षिक्षकों को पास करनी होगी कोरोना से बचाव की परीक्षा पहले दिया जाएगा ऑनलाइन प्रषिक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व प्रशासकों के साथ बातचीत करेंगे

इनमें झारखंड पंजाब असम केरल उत्तराखंड छत्तीसगढ़ त्रिप्रा हिमाचल प्रदेश गोवा मणिप्र नागालैंड मेघालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ पुड्चेरी लद्दाख दादर नगर हवेली अंडमान निकोबर दमन दीव और लक्षद्वीप शामिल हैं

झारखंड में पिछले चौबीस घंटों में संतावन कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इन्हें लेकर अब तक राज्य में कुल सोलह सौ संतावन मरीज मिल चुके हैं इनमें से आठ मरीज की मौत हो चुकी है जबकि अब तक राज्य में सात सौ बत्तीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं

इनमें चतरा से तीन गुमला से उन्नीस सिमडेगा से तीन रामगढ़ और पष्विमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से चार चार लातेहार से दो पलामू से सात रांची से तीन और देवघर से एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका रेलवे स्टेषन पर विषेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह विषेष ट्रेन सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई जा रही सड़कों के निर्माण कार्य के लिए मजदूरों को लददाख ले जाएगी कल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विषेष ट्रेन को रवाना करने वाले थे लेकिन खराब मौसम के कारण वह मुख्यमंत्री का हेलीकाप्टर दुमका के लिए उड़ान नहीं भर सका इस वजह से इस कार्यक्रम को रदद करना पडा आज मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर से दुमका पहचेंगे और दोपहर दो बजे इस विषेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे दुमका रेलवे स्टेशन से एक हजार पांच सौ श्रमिक भारत और चीन की सीमा में सडक बनाने का काम करने के लिए ले जाया जा रहा है साथ ही उन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है जो लेह लद्दाख के लिए जाने के इच्छुक हैं राज्य के निजी अस्पतालों को अब कोरोना मरीजों का इलाज करना होगा निजी अस्पताल मरीज को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर रेफर नहीं कर सकते हैं स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के लिए नया दिषा निर्देष जारी किया है

मरीजों की पसंद की अनदेख करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी यदि किसी कोरोना मरीज को किसी सरकारी अस्पताल में रेफर करना अनिवार्य है तो निजी अस्पतालों को उसका कारण अनिवार्य रूप से बताना होगा और इसकी अविलंब सूचना जिला प्रषासन और संबंधित अस्पतालों को देनी होगी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी सिविल सर्जनों को इस दिषा निर्देष की जानकारी सभी निजी अस्पतालों को देने और इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देष दिया है निजी अस्पतालों को न्यूनतम पांच तथा पचास बेड से अधिक के अस्पतालों को दस बेड के आईसोलेषन वार्ड बनाने होंगे और कम से कम दो वेलीटेलर अनिवार्य रूप से रखना होगा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

इसके लिए उन्हें प्रषिक्षण दिया जाएगा षिक्षकों के प्रषिक्षण कार्यक्रम को लेकर कल परियोजना निदेषक उमाषंकर सिंह ने जिला षिक्षा पदाधिकारी और जिला षिक्षा अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की षिक्षकों का प्रषिक्षण सोलह जुन से शुरू हो रहा है इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी जिसमें अस्सी प्रतिषत के साथ पास होना षिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा संबंधित स्कूल के एक षिक्षक को यह परीक्षा पास करनी होगी इसके बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसके आधार पर स्कूल खोला जा सकेगा तय अंक के साथ परीक्षा नहीं पास करने की स्थिति में षिक्षक को फिर से प्रषिक्षण दिया जाएगा राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेष्वर उरांव ने कहा है कि प्रदेष में सर्वे कराने के बाद अक्तूबर महीने से नौ लाख पचास हजार लोगों को राषन कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा इसके लिए आवष्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है नीति निर्धारित करने के बाद इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से पारित कराया जाएगा श्री उरांव ने कहा है कि वैसे लोग जिन्हें सही मायने में अनाज की आवष्यकता है लेकिन राषन कार्ड नहीं मिलने से उन्हें राषन नहीं मिल पा रहा है ऐसे लोगों को नया राषन कार्ड दिया जाएगा डॉक्टर उरांव ने बताया कि राषन कार्ड के आवेदकों के अलावा वर्तमान समय में वैसे प्रवासी मजदूरों को अनाज दिया जा रहा है जिनका राषन कार्ड में नाम नहीं है झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि कम से कम छह महीने का राषन सभी वंचित लोगों को उपलब्ध कराया जाए राज्य सरकार ने केंद्र से अनाज का कोटा बढ़ाने की भी मांग की है वही राज्य सरकार का यह तर्क है कि राज्य की जनसंख्या दो हजार ग्यारह के मुकाबले काफी बढ़ी है राज्यभर में बाल संरक्षण के मामले में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने में खूंटी जिले का बेहतर प्रदर्शन रहा है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो निर्णय लिए गए

वित्ततमंत्री ने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता पर जुलाई की बैठक में विचार होगा पिछले दो दिनों से राजधानी रांची समेत पूरे राज्यभर में मध्यम दर्जे की बारिष हुई मौसम विभाग ने पंद्रह जून तक पूरे राज्य में अच्छी बारिष होने की संभावना जताई है विभाग ने आज कृछ जिलों में वजपात की संभावना भी जताई है बारिष और ठंडी हवा चलने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है

लातेहार जिले में कल रात कोरोना पॉजिटिव दो मरीज मिले हैं जिसमें एक गारु व एक महआडांड़ में क्वारेंटाइन सेंटर में था

सभी प्रवासी मजदूर हैं जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने इसकी पृष्टि की है टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद सभी चारों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चक्रधरपुर स्थित कोविड अस्पताल ले जाया गया